प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए डॉक्टर बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया इस दौरान प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी को लोकनेत डॉक्टर बालासाहेब विखे पाटिल प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी का नाम दिया गया डॉक्टर बालासाहेब विखे पाटिल कई बार लोकसभा के लिए सांसद चुने गए उनकी आत्मकथा का शीर्षक है देह वीचवा करणी जिसका अर्थ है किसी उत्तम कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करना श्री मोदी ने कहा कि गांव गरीब किसान का जीवन आसान बनाना उनके द्ख उनकी तकलीफ कम करना विखे पाटिल जी के जीवन का मूलमंत्र रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि बाला साहेब विखे पाटिल ने हमेशा इसी बात पर बल दिया कि राजनीति को समाज के सार्थक बदलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए गांव और गरीब की समस्याओं का समाधान कैसे हो श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन आज भले हुआ हो लेकिन उनके जीवन की कथाएं आपको महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में मिलेंगी दुमका विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बसंत सोरेन ने कल अपना नामांकन दाखिल किया अपने प्रस्तावक विजय कुमार सिंह और दुमका प्रखंड अध्यक्ष सिराजुद्दीन अंसारी की मौजूदगी में श्रीसोरेन दिन के डेढ़ बजे निर्वाची पदाधिकारी महेश्वर महतो के कक्ष पहुंचे और वहां दो सेट में पर्चा में दाखिल किया इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि एनडीए प्रत्याशी लुइस मरांडी आज दूमका में नामांकन करेंगी वहीं कल योगेश्वर महतो बाटुल बेरमो सीट से नामांकन दाखिल करेंगे जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड की दो सीटों बेरमो और दुमका में उपचुनाव की घोषणा की गई है बेरमो की सीट पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के बाद खाली हुई है जबकि दुमका की सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा छोड़े जाने के बाद से खाली है भाजपा और आजसू दुमका और बेरमो में एक साथ भिलकर उपचुनाव लड़ेंगे उपचुनाव को लेकर दोनों दलों की संयुक्त संचालन समिति भी गठित होगी पहली बार आजसू के केंद्रीय कार्यालय में कल आयोजित दोनों दलों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा दोनों दलों के शीर्ष नेताओं ने की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कि इस उपच्नाव में ही नहीं आगे भी एनडीए गठबंधन के रूप में दोनों दलों की संयुक्त बैठकें होंगी और साझा कार्यक्रम तय किए जाएंगे वहीं आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि भाजपा और आजसू अब शुरू से ही साझा कार्यक्रम के साथ सारे विषयों को लेकर आगे बढ़ेगी इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के दुमका और बेरमो में तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होगी

कोविड महामारी से रोकथाम के लिए कई जानीमानी हस्तियों ने लोगों से सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की अपील की है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

ऐसे छात्रों के लिए कल नीट की परीक्षा कराई जायेगी

दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में रांची को हावड़ा रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेन मिली है कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के बाद रांची से रवाना होने वाली यह दूसरी ट्रेन होगी

रांची से यह ट्रेन दोपहर एक बजकर पैंतालीस मिनट पर हावड़ा के लिए रवाना होगी इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है अनलाक में अभी सिर्फ एक ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस रांची और दिल्ली के बीच सप्ताह में दो दिन गुरुवार और रविवार को चल रही है रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होने के बाद रांची रेलवे स्टेशन से खुलने वाली यह दूसरी ट्रेन होगी

रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल समाहरणालय स्थित सभागार में रांची के सभी निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक हुई जिन अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है उसकी समीक्षा की गई उपायुक्त ने इन अस्पतालों में बेड की उपलब्यता आइसीय वेंटिलेटर आदि की जानकारी फैसिलिटी एप पर प्रतिदिन अपलोड करने का निर्देश दिया वहीं अस्पताल में दाखिल हो रहे कोविड मरीजों और अस्पताल से छुट्टी लेने वाले मरीजों का आंकड़ा डेली बेसिस पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया बैठक के दौरान बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले अस्पतालों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया साथ ही वैसे अस्पताल जिन्होंने फैसिलिटी एप पर डाटा अपडेट करने में ढिलाई बरती है उन्हें तुरंत अपडेशन में सुधार करने को कहा गया लगभग छह महीने के बाद राजधानी रांची में कल से सिटी बसों का परिचालन शुरू हो गया

सभी बसों को सड़कों पर उतारा जाना है लेकिन नगर निगम इन्हें चरणवार तरीके से सड़क पर उतारेगा रांची वासियों को जिला और देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एकरार एमओयू साइन किया है उपायुक्त छवि रंजन के समक्ष इप्लॉयमेंट ऑफिसर मन्नू कुमार ने जिला प्रशासन की ओर से जबकि प्रणय मेहरोत्रा ने कंपनी की ओर से एमओयू पर साइन किया आओ काम की बात करें इस टैग लाइन के साथ अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिला प्रशासन के सहयोग से आनेवाले दिनों में लोगों को रोजगार मुहैया करायेगी एमओयू साइन होने से पहले उपायुक्त ने कंपनी के बिजनेस हेड प्रणय मेहरोत्रा ँसे प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी ली प्रणय मेहरोत्रा ने बताया रोजगार के लिए कंपनी ने डिजीटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है एप के माध्यम से जॉब दूढने वाले खुद को रजिस्टर करेंगे जिससे उन्हें एक डिजीटल आइडेंटिटी मिलेगी इस एप को गूंगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा

खूंटी जिले के डूमरगढ़ी स्थित खूबसूरत लतरातू डैम पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा उपायुक्त ने डैम के कायाकल्प की योजना तैयार की है

इस दौरान गड़बड़ी पाये जाने पर तीन दुकानों को सील कर दिया गया राजधानी रांची में बिजली विभाग ने बकायेदारों के कनेक्शन काटने का अभियान शुरू कर दिया है

साथ ही अपने साथियों को इससे होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करने की भी बात कही इस मौके पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियों को बरतने का भी संकल्प लिया गया